मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई द्वारा आयोजित अभिनंदन सभा को संबोधित करेंगे लगातार दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद मोदी की यह पहली सार्वजनिक सभा होगी

प्रधानमंत्री आज मालद्वीप और श्रीलंका की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे

वे आज मालदीव की संसद मजलिस को भी संबोधित करेंगे यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है

आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि योग भारत की अपनी विरासत है साथ ही यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश्व का एक उपहार भी है उन्होंने कहा कि इस वर्ष योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न मीडिया इकाइयों को पुरस्कृत किया जाएगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई कार्यक्रम किये जाएंगे

इस मौके पर राज्य मंत्रीमंडल के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे

मप्र हाईकोर्ट मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश आरएसझा को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है केन्द्रीय कानून मंत्रालय द्वारा इस बाबत विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गयी है

मौसम प्रदेश में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का दौर जारी है

जिला अस्पताल की ओपीडी में गर्मी से पीड़ित सैकड़ो मरीज रोजाना पहुंच रहे है मौसम विभाग ने आज छतरपुर जबलपुर शहडोल और खरगोन जिलों सहित दो दर्जन र्स अधिक जिलों में भी लू की संभावना जताई है किकेट आईसीसी क्रिकेट विश्वकप में आज बांग्लादेश का मुकाबला इंग्लैंड से होगा कार्डिफ में ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद तीन बजे से शुरू होगा एक अन्य मुकाबले में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी

सिटी हेल्थ प्लान तैयार करने के संबंध में कलेक्टर अनुराग चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया आगरमालवा में जिला मुख्यालय में हुई बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने यात्री वाहनों स्कूल बस संचालकों को वाहनों में जीपीएस ॅस्पीड गर्वनर लगाने और सभी दस्तावेज पूर्ण रखने के निर्देश दिये है